लोकसभा चुनाव के शेष बचे चार चरणों के लिये प्रचार अभियान हुआ तेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महोबा में जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने हरदोई में की चुनावी सभाएं लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल शाम समाप्त आज की जायेगी नामांकन पत्रों की जांच नाम वापसी की अंतिम तारीख है छब्बीस अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने रफाल मामले में टिप्पणी पर राहल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के बारह जिलों की दस संसदीय सीटों पर कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया इन संसदीय सीटों पर करीब साठ दशमलव पांच दो प्रतिशत मतदान हुआ जो दो हजार चौदह के तुलना में एक प्रतिशत कम है हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान आमतौर पर शान्तिपूर्ण रहा ईवीएम में गड़बड़ी की कुछ घटनाओं के साथ ही एक दो स्थानों पर राजनीतिक दलों के कार्यकताओं के बीच छिटपुट झड़प के अलावा तीसरे चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से रामपूर जिले में ईवीएम में गड़बड़ी और बदाप्रू में एक मंत्री के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पीलीमीत में सबसे ज्यादा चौसठ दशमलव छः शुन्य प्रतिशम मतदान हुआ इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनप्री एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत सीटों पर एक सौ बीस प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये इन जिलों में बारह हजार एक सौ अट्ठाईस मतदान केन्द्र और बीस हजार एक सौ बीस मतदेय स्थल बनाये गये थे इस चरण में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से केन्द्रीय राज्य मंत्री संतोष गंगवार बरेली से भाजपा नेता वरूण गांधी पीलीमीत से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और फिल्म अमिनेत्री जया प्रदा रामपुर से चुनाव मैदान में हैं वहीं फिरोजाबाद सीट पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का मुकाबला उनके भतीजे अक्षय यादव से हैं मतदान के दौरान संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये थे इसके साथ ही मतदान स्थलों पर एक हजार नौ सौ नवासी डिजिटल कैमरे और एक हजार दो सौ पचपन वीडियो कैमरे लगाये गये थे दो हजार एक सौ बासठ मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग भी कराई गई इस बार एक हजार सात सौ चौवालीस माइक्रो आब्जर्वर एक हजार छह सौ दस सेक्टर मजिस्ट्रेट एक सौ छियासी जोनल मजिस्ट्रेट और तीन सौ अट्ठावन स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही दस सामान्य प्रेक्षक पांच पुलिस प्रेक्षक दस व्यय प्रेक्षक और सैंतालीस सहायक व्यय प्रेक्षक लगाये गय थे मतदान के लिये अट्ठासी हजार छह सौ इक्यासी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किये गये थे आगरा संसदीय क्षेत्र के एत्मादप्र विघानसभा क्षेत्र के जेटौरा गांव के प्राइमरी स्कूल पर बूथ संख्या चार सौ पचपन पर पुनर्मतदान कराया जायेगा पुनर्मतदान पच्चीस अप्रैल को होगा आगरा में दूसरे चरण में अट्ठारह अप्रैल को मतदान हुआ था भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महोबा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश द्रोहियों के साथ है उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है श्री योगी ने भरोसा दिलाया कि केन्द्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा शाहजहांपुर में कल उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश से गरीबी मिटाने के लिये पहले भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी है उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नये आयाम स्थापित करेगा श्री मौर्य ने लोगों से बढ़चढ़ कर वोट करने की अपील की कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल रायबरेली जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रचार भी किया वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कल हरदोई के कछौना में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है और भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन से कांग्रेस और भाजपा भयमीत है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिये गुमराह कर रही है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अव्यक्ष अखिलेश यादव ने औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हये केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला और इटावा से गठबंधन प्रत्याशी कमलेश कठेरिया के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की इस बीच सपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू से मुलाकात कर रामपुर में ईवीएम की खराबी तथा बदायूं में प्रदेश के एक मंत्री द्वारा मतदान को प्रभावित करने की शिकायत की

इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है उन्होंने कहा कि तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किये गये हैं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे ये सीटे हैं शाहजहांप्र सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर चौथे चरण में कुल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उधर पांचवे चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है इस चरण के लिए मतदान छ मई को होगा छठें चरण के लोकसभा चुनाव के लिये नामांकन के अंतिम दिन कल जौनप्र संसदीय सीट से चौदह और मछली शहर संसदीय सीट से ग्यारह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से तीन प्रत्याशियों ने और भदोही से चौदह प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे प्रदेश की इन चौदह लोकसभा सीटों के लिये कल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था आज नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि छब्बीस अप्रैल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे इस चरण का मतदान बारह मई को होगा लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की अधिसूचना बाईस अप्रैल को जारी होने के बाद इस चरण में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज हो गया है फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कल गोरखपुर लोकसभा सीट के लिये भाजपा के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया बांसगांव स्रक्षित संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान ने भी कल अपना नामांकन पत्र भरा क्शीनगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नथुनी प्रसाद क्शवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है

इस चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं वो सीटें हैं महराजगंज गोरखप्र क्शीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमप्र बलिया गाजीप्र चन्दौली वाराणसी मिर्जाप्र और राबट्सगंज उच्चतम न्यायालय ने रफाल मामले में टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल कहा कि इस बारे में भाजपा सासंद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई तीस अप्रैल को होगी न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की अपील नामंजूर कर दी जिसमें उन्होंने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी

आगरा उत्तर विधानसभा के विधायक जगन प्रसाद गर्ग का विगत दस अप्रैल को असामयिक निधन हो गया था जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गयी प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस सीट के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि उन्तीस अप्रैल है जबकि नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी और दो मई तक नाम वापसी हो सकेगी इस सीट की मतगणना तेईस मई को होगी इस बीच आगरा उत्तर विधानसभा उप चुनाव के लिये कांग्रेस ने रणवीर शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय आकाशवाणी प्रकाशन विभाग और भारतीय बाल फिल्म समिति को कल नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान किए गए मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने यह पुरस्कार प्रदान किए आकाशवाणी महानिदेशक फैय्याज शहरयार और महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने आकाशवाणी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद पत्र सूचना कार्यालय और बेसिल द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया